भापजा के राश्ट्रीय अध्यक्ष अमित भााह केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत समेत कई गणमान्य व्यक्ति हुए भाामिल

मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के सभी विधायक भी अपने एक माह का वेतन आपदा प्रभावितों को देंगे प्रदेा में एक बार फिर मौसम बदलने का अनुमान अगले तीन दिनों में कुमांऊ क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिा की संभावना अस्थि विसर्जन दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां आज हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी में उनके परिंजनों ने पवित्र गंगा नदी में विसर्जित कीं दिवंगत नेता की अस्थियों का कलश लेकर उनकी पुत्री नमिता दामाद रंजन भट्टाचार्य और नातिन निहारिका हर की पैड़ी पर स्थित ब्रहमकुंड पहुंचे जहां उन्होंने वैदिक मंत्रोच्वार के बीच पूर्व प्रधानमंत्री की अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित किया इस दौरान भाजपा अध्यक्ष अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और हरिद्वार से भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद थे अपने प्रिय नेता स्वर्गीय अटल जी के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम का साक्षी बनने और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए हर की पैड़ी पर आम लोगों का भी सैलाब उमड़ पड़ा इससे पहले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का अस्थि कलश फूलों से सजे एक वाहन में रखकर भल्ला कॉलेज मैदान से हर की पैड़ी तक लाया गया इस अस्थि कला यात्रा में सड़क के दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोगों का भारी हुजूम जमा था जो अपने प्रिय नेता के अस्थि कलश पर लगातार पुष्पवर्षा करता रहा सड़क के किनारे स्थित मकानों की छतों और इमारतों पर भी लोग अस्थिकलश यात्रा को देखने के लिए घंटों खड़े रहे रास्ते भर अटल जी अमर रहें भारत माता की जय के नारों से भी वातावरण गुंजायमान रहा

इस योजना का अब तक लाखों लोग लाभ ले चुके हैं उत्तराखंड में बड़ी संख्या में लोगों मुद्रा लोन योजना का लाभ लिया है योजना से लोगों ने ना केवल अपना व्यवसाय भाुरू किया बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए देहरादून के राजीव नगर निवासी रमेश सिंह राणा की उम्मीदों को भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने ही पंख लगाए दूसरों की गाड़ी चलाने वाले रमेश प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लिया और खुद का दूर एंड ट्रैवल्स का काम शुरू कर दिया

मुद्रा लोन योजना इसी परेशानी का हल निकालने के लिए शुरू की गई

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उन लोगों के सपनों को पंख लगा रही है जो आर्थिक तंगी और बैंकों में लोन पास कराने की मुिकलों के चलते लोन नहीं ले पा रहे थे मुद्रा योजना से लोगों की समस्या समाप्त हो गई है यह योजना जहां लोगों को संबल दे रही है वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध भारत के सपने को भी साकार कर रही है आर्थिक सहायता भारी बारिा और बाढ़ से प्रभावित केरल राज्य को उत्तराखण्ड पांच करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देगा केरल में आई बाढ़ से प्रभावित जनता के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री राहत कोश से पांच करोड़ रुपए की सहायता केरल को भेजने के निर्देा दिए उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की जनता आपदा से होने वाली कठिनाईयों से परिचित है केरल में आई आपदा पर संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में उत्तराखण्ड की जनता केरलवासियों के साथ है उन्होंने घोशणा की कि वे अपने एक माह का वेतन बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए देंगे श्री रावत ने राज्य सरकार के मंत्रियों और भाजपा के सभी विधायकों को भी अपना एक महीने का वेतन केरल में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए देने को कहा मुख्यमंत्री ने अपेक्षा व्यक्त की कि राज्य की स्वयंसेवी संस्था और समाजसेवी भी केरल राज्य में आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता करेंगे गौरतलब है कि केरल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हजारों लोग जान बचाने के संघर्ष से जुझ रहे हैं

पूरे राज्य में छह लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं सेना नौसेना वायु सेना तटरक्षक और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवानों सहित सैंकड़ों मछुआरे और स्थानीय लोग राहत कार्यों में जुटे हुए हैं बचाव और राहत कार्यों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवान सबसे अधिक योगदान कर रहे हैं मौसम प्रदेा में मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में कुमांऊ क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिा होने की संभावना जताई है भारी बारिा की संभावना को देखते हुए सभी जिला प्राासनों को अलर्ट कर दिया गया है और आपदा की स्थित में आवयक कार्यवाही करने को कहा गया है विभाग के अनुसार इस अवधि के दौरान राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिा हो सकती है पिछले तीन दिनों से राज्य के अधिकांा हिस्सों में बारिा न होने के चलते भूस्खलन से बाधित हुई सड़कों को खोलने का काम युद्धस्तर पर जारी है हालांकि यमुनोत्री राश्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट के पास यातायात के लिए आज भी बाधित रहा यमुनोत्री धाम के लिए जाने वाले यात्री वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही कर रहें हैं और चारधाम यात्रा जारी है इस बीच आज प्रदेा में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला सुबह के समय अधिकतर स्थानों में धूप खिली रही जबकि भााम के समय आसमान में बादल छाए रहे चारधाम यात्रा बारिा और भूस्खलन के कारण चारधाम में आने वाले श्रद्वालुओं की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है

बारिा में कमी आने के साथ ही श्रद्वालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है गौरतलब है कि हर साल चारधाम यात्रा के भारूआती दौर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम दर्नों के लिए पहुंचते हैं लेकिन श्रद्धालुओं का यह आंकड़ा बरसात के मौसम में सिमट जाता है हालांकि बरसात के मौसम के बाद चारधाम यात्रा एक बार फिर से जोर पकड़ती है और सर्दियों के मौसम में कपाट बंद होने से पहले श्रद्वालु बड़ी संख्या में दर्ानों के लिए चारधाम पहुंचते हैं नैनीताल मॉल रोड सरोवर नगरी नैनीताल में मॉल रोड का एक हिस्सा गिरकर नैनीताल झील में समा गया सड़क दूटने से लोअर मॉल रोड में आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गयी है नैनीताल की लोअर मॉल रोड में पिछले एक साल से दरार पड़ी हुई थी रोड के ट्रीटमेंट को लेकर आईआईटी रुड़की के इंजीनियरों ने लोक निर्माण विभाग को कुछ सुझाव भी दिए थे लेकिन उन पर काम भा़रू करने से पहले ही माल रोड झील में समा गई जिस वक्त सड़क झील में गिरी उस समय सड़क पर ना तो कोई वाहन था और ना ही लोग पैदल चल रहे थे जिससे एक बड़ा हादसा टल गया सड़क के इस क्षतिग्रस्त हिस्से का आज जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने निरीक्षण किया उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे सड़क निर्माण का काम जल्द भारू कर इसे एक सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाए